कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंमव उपाय किये जायेंगे उन्होंने कहा कि विकित्सक नर्से और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जायेगी उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है जो इस तरह की परिस्थितियों में राष्ट्र की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामृहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किये जाने चाहिए संसद भवन में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं इनमें सैनिटाइजर का प्रयोग संसद परिसर में आने वाले कर्मचारियों पत्रकारों और अन्य लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय शामिल हैं संसद में दर्शकों के आने पर भी रोक लगा दी गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड नाइन्टीन वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी समात्रों में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ घोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मतें खांसते और छौंकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फॅके जाने चाहिए ब्रुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए

श्री योगी आज राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य भवन में राज्य संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सरकार सभी ऐहतियाती कदम उठा रही है श्री योगी ने कहा कि सरकार चौबीस घंटे कोविड नाइन्टीन से संबंधित मामलों की निगरानी कर रही है उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में स्थापित हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक स्थायी कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया श्री योगी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में जनसहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एहतियातन बाइस मार्च तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बन्द रखने का फैसला किया है सभी जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं मुख्यमंत्री ने मास्क और सैनेटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरूद्व सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये हैं प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्यारह जिलों में सभी मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर और क्लबों को बन्द रखने के निर्देश दिए हैं इनमें गौतमबुद्वनगर गाजियाबाद लखनऊ आगरा और भारत नेपाल सीमा से लगे सात जिले पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्दार्थनगर और महराजगंज शामिल हैं मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्ट्रॅसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे श्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने जिलों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए

इटावा सफारी पार्क के निदेशक वीके सिंह ने आज इसकी जानकारी दी बलरामपुर जनपद में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी ने आज भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण कर सीमा पर प्रमुख मार्गो पर बनाये गये मेडिकल कैम्प का निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने स्वास्थ्यकर्मियों को नेपाल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये उन्होंने लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की